कोरोना प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सतर्क रहना चाहिए राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर निकलने से बचने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि साठ वर्ष से ऊपर उम्र के लोग अगले कुछ सप्ताह तक घर में रहने की विशेष सतर्कता बरतें प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया

इस जनता कर्फ्यू के दौरान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले

घरों में ही रहें तो बाईस मार्च को हमारा यह प्रयास आत्मसंयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे उन्होंने कहा कि रविवार को लोगों का यह प्रयास राष्ट्रीय हित में कार्य करने के संकल्प और संयम का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उन लोगों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत में लगे हैं जनता कर्फ्यू प्रतिक्रिया इस बीच कल जनता कर्फ्यू के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से की गई अपील को राज्य की जनता भी अपना पूरा समर्थन दे रही है लोगों ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री की इस अपील से बहुत प्रभावित है और इसका पूरा पालन करेंगे

हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य अस्पताल कानून व्यवस्था बिजली पेयजल प्रदाय साफ सफाई ठोस अपशिष्ट सहित अन्य आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी इसी तरह प्रदेश में इकतीस मार्च तक सभी प्रकार के निजी अर्द्व शासकीय और शासकीय आयोजन भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं वहीं प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में संचालित सिटी बस सेवा को भी उनतीस मार्च तक स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी शराब दुकानों को तेईस से पच्चीस मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है इसी अवधि में होटल बार रेस्टोरेंट को भी बंद रखा जाएगा वहीं तेईस से इकतीस मार्च तक क्लब भी बंद रहेंगे दुर्ग और बिलासपुर नगर निगम तथा उनसे पचहत्तर किलोमीटर के दायरे में स्थित नगरीय निकायों के सभी कार्यालय अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर आगामी एक सप्ताह तक बंद रहेंगे नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिए हैं टोल फ्री नंबर निदान एक एक शून्य शून्य पर भी अब कोरोना वायरस से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी कोरोना पंजीयन प्रशिक्षण प्रदेश में कोविड उन्नीस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ऐहतियाती तौर पर आगामी तेईस से पच्चीस मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाएंगे राज्य शासन ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं इसी तरह वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरों को एक अप्रैल की जगह अब एक मई से लागू करने का निर्णय लिया है राज्य शासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश जारी किए हैं राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राजस्व न्यायालयों में लंबित जिन प्रकरणों में आगामी पेशी इकतीस मार्च तक निर्धारित है उन प्रकरणों में पेशी की तारीख को आगे बढ़ाते हुए एक अप्रैल या उससे आगे निर्धारित की जाए कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर दृष्टिबाधितों के लिए संचालित संस्थाओं में ब्रेल लिपि में प्रकाशित सामग्री के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है श्रम विभाग ने कारखानों और प्रतिष्ठानों में तीस अप्रैल तक आवश्यक सावधानियां रखने को कहा है साथ ही प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस अधीक्षकों को पुलिस लाईन और प्रशिक्षण केन्द्रों में चल रहे सभी प्रशिक्षणों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने कहा है

कल सुबह चार बजे से रात दस बजे तक सफर शुरू करने वाली लगभग तेरह सौ लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेने भी रद्द रहेंगी इसके अलावा जो गाड़ियां पहले से ही सेवारत् हैं उनका परिचालन सुचारू रूप से बना रहेगा रेलवे ने लोगों से आग्रह किया है कि स्टेशनों पर पहुंचने से पहले परिचालन की स्थिति सुनिश्चित कर लें भारतीय रेलवे ने पीआरएस काउंटर जनरेटेड टिकटों के लिए रिफंड नियमों में छूट दी है यात्रियों को टिकट वापसी के लिए स्टेशन नहीं आना पड़ेगा इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को इकतीस मार्च तक रद्द किया गया है कोरोना अपील स्वास्थ्य विभाग ने पंद्रह मार्च को एयर इंडिया के विमान संख्या एआई छह पांच एक से सुबह पौने बारह बजे मुंबई से रायपुर पहुंचने वाले यात्रियों से होम आईसोलेशन में रहने की अपील की है इस विमान से यात्रा करने वाली एक महिला यात्री कोविड उन्नीस से पॉजीटिव पाई गई है विभाग ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से लौटने वाले ऐसे यात्रियों को भी आईसोलेशन में रहने की अपील की है जो अन्य एयरपोर्ट से रायपुर पहुंचे हैं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवक्मार डहरिया अपनी पुत्री के साथ सेल्फ क्वारेंटाइन पर चले गए हैं गौरतलब है कि डॉक्टर डहरिया विदेश से लौटी अपनी पुत्री को लेकर दिल्ली से रायपुर लौटे हैं उनकी पुत्री की दिल्ली और रायपुर में थर्मल स्क्रीनिंग की गई है जिसमें किसी भी प्रकार के लक्षण परीलक्षित नहीं हुए हैं कोरोना कोटवार मुनादी प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम बाहर से लौटने वालों पर नजर रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए कोटवारों के माध्यम से सभी गांवों में मुनादी कराई जाएगी बाहर से लौटने वालों को मितानिनों के जरिये जरूरी सतर्कता और सावधानियों के बारे में भी बताया जाएगा सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को हाल ही में विदेश प्रवास से लौटे लोगों की जांच कराकर आवश्यकतानुसार होम आईसोलेशन या क्वारेंटाइन सेंटर्स में रखने के निर्देश भी दिए गए कोरोना जिला कोरोना वायरस के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने शहर के लालबाग क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया है इसके साथ ही इस क्षेत्र में सामान्य रूप से लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा आज मुनादी कराकर लोगों से कल होने वाले जनता कर्फ्यू का समर्थन करने की अपील की गई इसके अलावा सभी इस्पात भवन और संयंत्र के लिए आगन्तुकों का पास बनाना भी बंद कर दिया गया है इधर रायगढ़ के कबीर चौक और चक्रधर नगर चौक की दुकानों को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है मुंगेली जिले में जिला प्रशासन द्वारा चौक चौराहों में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर कोरोना वायरस से बचाव का उपाय अपनाने की अपील की जा रही है लोरमी की महिला एसडीएम खुद इस संबंध में लोगों को जागरूक कर रही है इसी तरह कबीरधाम जिले में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना को भी बंद कर दिया गया है कोरिया जिले में कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को कोटवारों के माध्यम से कोरोना को लेकर मुनादी कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही राजस्व और पुलिस विभाग की टीम बनाकर कोरोना वायरस के मद्देजनर लोगों को आवश्यक समझाइश देने के लिए निर्देशित किया गया है कोंडागांव जिले में लंदन से लौटे एक एमबीबीएस छात्र को ऐहतियात के तौर पर होम आईसोलेशन पर रखा गया है जिला प्रशासन द्वारा उसके सैंपल की जांच कराई जा रही है अंबिकापुर में महामाया मंदिर को आज से बंद कर दिया गया है सरगुजा जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नौ आईसोलेशन वार्ड बीस क्वारेंटाइन सेंटर और पचास बिस्तरों की व्यवस्था की गई है माओवादी मुठभेड सुकमा जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के छह जवानों के घायल होने के समाचार मिले हैं वहीं मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है जिसका शव बरामद कर लिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक चिंतागुफा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवान सर्चिंग पर निकले थे इसी दौरान कसालपाड़ और मिनपा के बीच माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी दोनों ओर से हुई फायरिंग में सुरक्षा बलों के छह जवान घायल हो गए मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया गया संक्षिप्त समाचार प्रदेश के सुकमा और बस्तर जिले सहित आसपास के इलाकों में आज भूंकप के झटके महसूस किए गए हैं रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता चार दशमलव दो दर्ज की गई है नारायणपुर जिले के कुरूषनार गांव के किसानों ने आज हमर जंगल हमर आजीविका योजना के तहत सामूहिक खेती के लिए दी जा रही सुविधाओं के लिए आभार प्रकट करते हुए कलेक्टर को सब्जी भाजी और मौसमी फल भेंट किए